मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजकीय इटखोरी महोत्सव का किया उद्घाटन कहा सरकार पर्यटन स्थलों को बडे पैमाने पर करेगी विकसित

देशमर में आज मनाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत की जायेगी उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ओडीएफ प्लस अभियान शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है श्री जावडेकर ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने बाइसवें विधि आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देशभर में दस हजार कृषि उत्पादक संगठन बनाने का भी निर्णय लिया है

चतरा जिले के ईटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में आज से तीन दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव शुरू हो गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव का उद्घाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों को राज्य सरकार बड़े पैमाने पर विकसित करेगी

श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार चतरा के विकास पर विशेष प्राथमिकता दगी इस महोत्सव में यहां की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराया जायेगा रामगढ़ जिले के छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आज मिशन पिंक हेल्थ का पचासवां कार्यक्रम आयोजित किया गया मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई एम ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करना और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है विधायक ममता देवी ने कहा कि माताओं को जागरूक करना बहत जरूरी है ताकि वे अपने बच्चियों से खुलकर बाते कर किसी भी समस्या का समाधान कर सकें कार्यक्रम में उपस्थित बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है श्री मरांडी ने गिरिडीह में जहरीली शराब से हुई सोलह लोगों की मौत पर दूःख जताते हुए कहा कि शराब बिक्री पर रोक लगाने में उनकी पार्टी मदद को ँ तैयार है उन्होंने बताया कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भी गिरिडीह में अवैध शराब की बिक्री जारी है

विपक्ष भी चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले

आज नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति आयोग के सोलहवे स्थापना दिवस समारोह का उदघाटन करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष दल गठित किया जाना चाहिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज पांच दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं वे रांची महानगर की ओर से कल आयोजित संघ समागम में पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे इसके साथ ही वे अपने दौरे के कम में झारखंड और बिहार के संघ के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे देशभर में आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह को राजस्थान के हनुमानगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था इस योजना के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके तहत दो चरणो में बाईस करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए सरकार ने इस योजना पर अब तक सात सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार एक मिशन शुरू करने जा रही है श्री तोमर आज एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार ने देश भर में दस हजार कृषि उत्पादक संगठन बनाने का भी फैसला किया है जिसके लिए छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी गिरिडीह जिले में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा और झारखंड की जोड़ी बनायी गयी है इसके अंतर्गत दोनों राज्यों के बीच विभिन्न गतिविधियों का आदान प्रदान चल रहा है गोवा के कला और संस्कृति निदेशालय ने इस संबंध में कई कार्यक्रम आयोजित किये हैं हाल ही में गोवा के संस्कृति और लोक कलाकारों के एक दल ने झारखंड के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था कोडरमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतृर्थ की अदालत ने सतगावां थाना क्षेत्र में दो हजार चार में चार लोगों की नृशंस हत्या मामले में आरोपी संजय यादव और रामवक्ष यादव को फांसी की सजा सुनाई है जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी सुनील यादव को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है

संक्षिप्त खबरें लातेहार जिले के छिपादोहार थाना क्षेत्र के केड़ पंचायत क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने बाइक सवार एक महिला को कुचलकर मार डाला